अब समाचार विस्तार से अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली चूनाव परिणाम नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पर जनादेश नहीं है कल शाम एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री शाह ने कहा कि चुनाव प्रचार अभियानों के दौरान विवादास्पद बयानबाज़ी नहीं की जानी चाहिए थी और पार्टो ने ऐसी टिप्पणियों से अपने को दूर रखा उन्होंने कहा कि भाजपा केवल परिणामों के लिए चुनाव नहीं लड़ती

मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस के दोनों सत्रों के आरंभ में विशेष उद्बोधन देंगे

इस दौरान प्रदेश में निवेश पर चर्चा की जायेगी

वहीं श्री मरकाम को मंडला जिला मुख्यालय के रामनगर हैलीपेड पर उप राष्ट्रपति की अगवानी और विदाई का दायित्व सौंपा गया है

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन खान पान पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

श्री पटवारी भोपाल में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश के सर्टिफिकेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों में न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों के प्रति सम्मान पैदा करने पर जोर देते हुए कहा कि खबरों की हकीकत से रू ब रू होना अत्यावश्यक है सोशल मीडिया पर वायरल होती खबरों की हकीकत से कम ही लोग वाकिफ होते हैं उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग फेसब्रक के साथ मिलकर युवाओं को असली नकली खबरों में फर्क समझाने के लिए अभियान शुरू करने जा रहा है

युवा संवाद आदिमजाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा है कि युवा देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत एंव शक्ति है इन्हीं के कंधों पर विकास टिका हुआ है उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्यों के साथ अखंड भारत की परिकल्पना युवा शक्ति के प्रयासों से संरक्षित रह सकती हैं श्री मरकाम कल उमरिया के महाविद्यालय संभागार मे आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग समाज एंव देश हित मे करना चाहिए

अब विद्यार्थी अंकसूची में नाम जन्म तिथि परीक्षा माध्यम और अन्य सुधार ऑनलाइन करवा सकेंगे कबाडी अभियान मुरैना में एक बार फिर मैं हूं कबाडी अभियान शुरू किया जा रहा है इस बार सफाई शहर के पाकोँ की होगी अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ आज चंबल कालोनी के पार्क में होगा

मौसम हवाओं का रुख बदलने से राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में अब ठंड कम होती जा रही है बीते चार दिनों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है कल सुबह से धूप खिली रही इसके चलते दोपहर में लोगों में गर्मी महसूस की शाम को भी ठंड कम रही मौसम वैज्ञानिक एके शुक्ला ने बताया कि सुबह के समय हवाओं का रुख पूर्वी था जो शाम होते दक्षिण पूर्वी हो गया

मौसम विभाग ने आगामी दो दिन तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना व्यक्त की है